विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा आगामी मॉनसून सत्र के लिए ई प्रवेश पत्र ऑनलाईन आवेदन पर ही दिए जाएंगे

वे आज शिमला में प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सम्बोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टरों और पैरामैडिकल स्टॉफ को कोरोना संक्रमितों का उपचार करते समय मानवीय दुष्टिकोण और उचित नैदानिक प्रोटोकॉल अपनाना चाहिए उन्होंने अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर के अलावा अन्य जरूरी दवाईयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा जयराम ठाक्र ने प्रदेश में कोरोना महामारी से मृतकों की संख्या बढ़ने पर भी चिंता जताई उन्होंने लक्षण रहित मरीजों के लिए होम आइसोलेशन सुविधा को बढ़ावा देने पर बल दिया मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमावर्ती जिलों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति बिना मान्य अनुमति के जिलों में प्रवेश न कर सके इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने कहा कि कोविड केयर केन्द्रों और कोविड अस्पतालों में मरीजों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए सभी पर्याप्त प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं

अनुराग ठाकुर ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत केन्द्र सरकार ने सभी वर्गो का पूरा ध्यान रखा है उन्होंने कहा कि मध्यम सूक्ष्म और लघु उद्योगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए इनकी परिभाषा में बदलाव किया है बिक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है कांगड़ा के लाभार्थी परिवारों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही बिक्रम ठाकुर ने कहा कि कोरोना के इस संकट काल में पूरे हिमाचल के लिए जिला कांगड़ा मनरेगा कार्यान्वयन में रोल मॉडल बनकर उभरा है

वे आज प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के स्थापना दिवस स्वर्ण जयंति वर्ष के उपलक्ष पर आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम के अवसर पर बोल रहे थे गोविंद ठाक्र ने कहा कि नई शिक्षा नीति से युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे ताकि वे सहजता से अपना जीवन यापन कर सकें उन्होंने सामूहिक रूप से पौधरोपण करने पर बल दिया और इसमें युवाओं की सहभागिता की जरूरत बताई

शिमला के पॉटर्स हिल में आज वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही

पठानिया ने वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी बल दिया

इनमें छंदोह जोहड़ी व लिंग संपर्क सड़कें शामिल है इसके अलावा उन्होंने तड़ोन में सामुदायिक व महिला मंडल भवन का शिलान्यास भी किया

परमार विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने आगामी मॉनसून सत्र के दृष्टिगत सुरक्षा प्रबंधों को लेकर आज विधानसभा सचिवालय में अधिकारियों के साथ एक बैठक की उन्होंने अधिकारियों को विधानसभा में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग करने और प्रत्येक प्रवेश द्वार पर सैनेटाईजर से लैस स्वचालित मशीनें स्थापित करने के निर्देश दिए परमार ने कहा कि सत्र के दौरान आवश्यक सेवाओं वाले व्यक्तियों को ही पास जारी किए जाएंगे उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत विधानसभा सचिवालय सदन और मुख्य द्वारों को दिन में दो बार सैनिटाईज किया जाएगा परमार ने कहा कि विधानसभा सचिवालय में ई प्रवेश पत्र ऑनलाईन आवेदन पर ही दिए जाएंगे इस बीच पत्रकारों के साथ बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्र के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित किया जाएगा

मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है

भारी वर्षा से नदी नालों का जल स्तर बढ़ गया है कुल्लू जिला प्रशासन ने लोगों से ब्यास नदी सहित अन्य नदी नालों के समीप न जाने की अपील की है

रोहतांग टनल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अटल रोहतांग टनल के अंतिम चरण का कार्य इन दिनों जोरों पर है और सिस्सु हैलीपैड में टारिंग का कार्य भी युद्धस्तर पर चल रहा है गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सितम्बर माह के अंतिम सप्ताह में अटल रोहतांग टनल का उदघाटन करेंगे लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता बीएस नेगी ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए मुख्य मार्ग से हैलीपैड तक सम्पर्क सड़क को भी दुरूस्त किया जा रहा है उन्होंने बताया कि इस कार्य को इसी माह के अंत तक प्रा कर लिया जाएगा

इसके तहत प्राधिकरण द्वारा पंचायतों के साथ लगते वन क्षेत्रों में फलदार पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि किसानों बागवानों की फसलों को जंगली जानवरों से बचाया जा सके